लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छट के बाद राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां होने लगी तेज झालरापाटन में पर्यटन स्थल और पार्क फिर खुलेंगे कल से

राज्य के विभिन्न शहरों से घरेलू उड़ाने फिर होगी कल से शुरू सभी यात्रियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण

ईद उल फितर का त्योहार कल मनाया जाएगा इस मौके पर नहीं होगी सामूहिक नमाज

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लू का दौर अगले चार पांच दिनों तक जारी रहेगा

अजमेर और करौली में भी सुबह से चल रही गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल रहे बाजारों में भी सन्नाटा छाया रहा

विभाग ने अगले तीन दिनों में बीकानेर कोटा जोधपुर जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भीषण लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है वहीं पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है

बहुत से प्रवासी मजदूर जो अपने गृह राज्य नहीं लौटे है वे अब प्रदेश में ही काम कर रहे है हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि उदयपूर में चूड़ी का काम करने वाले फिरोजाबाद के रहने वाले कई श्रमिक है जिन्होंने लॉकडाउन का मुश्किल दौर उदयपुर में ही गुजारा और वहीं दूसरा काम काज शुरू कर चूके है झालावाड़ जिले में भी कुटीर उद्योगों में काम शुरू हो गया है इस दौरान लोग मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपना काम कर रहे है जिले के झालरापाटन के पर्यटन स्थल और सार्वजनिक पार्क कल से कुछ समय के लिए आम लोगों के लिए खोले जा रहे है इस बीच दौसा में पुलिस ने आज पैदल मार्च निकाला इस दौरान उन्होंने लगातार जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की वहां दवाईयों की दुकानों के अलावा आज बाजार पूरी तरह बंद रहे और कल भी कोई दुकानें नहीं खुलेगी

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार इन मोक्ष कलश स्पेशल बसों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा सकता है

उन्होंने दरबारी मोडिया मानसर गंगापुरा और सूरजडा सहित कई गांवों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यो का जायजा लिया उन्होंने कार्यस्थल पर छाया और पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए श्री भाटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए श्रमिकों से एक दूसरे के बीच जरूरी दूरी बनाए रखने की बात भी कही

रेलर्वे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्धालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था

उदयपुर के डंबोक हवाई अड्डे से पांच उड़ाने शुरू होगी बीकानेर किशनगढ़ से भी पुरानी उंड़ाने फिर चलेगी जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जे एस बलहारा ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना होगा वेबयात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा यात्रियों की जांच के लिए सभी हवाई अड़डों पर चिकित्सकों की टीमें लगाई गई है चिकित्सा विभाग के एयरपोर्ट नोडल अधिकारी डॉ सुरेश भण्डारी ने आकाशवाणी को बताया कि सभी आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी

सीकर जिले के लोसल में पिछले तीन दिनों के दौरान टिड्डी दलों ने आज दूसरी बार हमला किया टिड्डी दल ने नागौर जिले के सीमावर्ती गांवों से जिले में प्रवेश किया लोसल शाहपुरा सिंगरावट और हरिपुरा सहित कई गांवों में टिड्डियों ने खेतों में फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाया है वहीं करौली जिले के टोडाभीम कस्बे में टिड्डियों का दल आने पर ग्रामीणों ने ढोल शंखे और थाली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया

इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि ठीक होकर घर जाने वाले लोग कॉरोना वॉरियर्स के रूप में काम करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के संबंध में जागरूक करे

राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने आज चूरू में एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस समूचे प्रकरण को लेकर कई मांगे राज्य सरकार के समक्ष रखी गई थी जिनमें से कुछ को मान लिया गया है अब इस मामले की न्यायिक जांच होगी और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह खरीद किसान कल्याण कोष से कर सकती है

श्री जाट ने कहा कि दलहन और तिलहन की खरीद के लिए पंजीकरण को भी खत्म किया जाना चाहिए राज्य सरकार यह पंजीकरण खसरा गिरदावरी के आधार पर खुद कर सकती है

सेन्टर हिलाल कमेटी के संयोजक राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने कहा है कि ईद के मौके पर सार्वजनिक सामूहिक नमाज नहीं होगी

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि विविधता हमारी ताकत है उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहकर देश में भाईचारे और एकता की भावना रखनी चाहिए

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है